प्रधानमंत्री ने कल कोविड नाइन्टीन महामारी पर कार्रवाई की समीक्षा के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की बैठक में महामारी के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर की स्थिति और तैयारी की समीक्षा की गई दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति का जायजा लिया गया बैठक में गुह मंत्री स्वास्थ्य मंत्री प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कैविनेट सचिव स्वास्थ्य सचिव आईसीएमआर के महानिदेशक और अधिकार प्राप्त समूहों के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया नीति आयोग के सदस्य और चिकित्सा आपात प्रबंधन समृह के संयोजक डॉ विनोद पॉल ने वर्तमान स्थिति और मध्यम अवधि में कोविड नाइन्टीन मामलों के संभावित परिदृश्य का ब्यौरा दिया सदस्यों ने कहा कि देश में क्ल मामलों का दो तिहाई हिस्सा पांच राज्यों में है बड़े शहरों के सामने आने वाली च्नौतियों के मद्देनजर परीक्षण बढ़ाने के साथ साथ दैनिक मामलों की चरम स्थिति को प्रमावी ढंग से संभालने के लिए बिस्तरों और सेवाओं की संख्या पर चर्चा की गई प्रधानमंत्री ने शहर और जिलेवार अस्पताल तथा पृथक बिस्तरों की आवश्यकताओं पर अधिकार प्राप्त समृह की सिफारिशों का संज्ञान लिया राजधानी में कोविड नाइन्टीन के वर्तमान और उभरते परिदृश्य पर बैठक में चर्चा की गई और अगले दो महीनों के आकलन पर विचार किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे इस महीने प्रसारित होने वाले आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए विचार भेजें उन्होंने टविटर पर कहा है कि मन की बात कार्यक्रम ऐसा जीवंत माध्यम है जो एक सौ तीस करोड भारतीयों की शक्ति को दर्शाता है उन्होंने कहा कि हालांकि यह कार्यक्रम दो हफ्ते बाद प्रसारित किया जाना है लेकिन लोग अपने विचार फोन पर रिकार्ड करा सकते हैं नम्बर है एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य लिखित रूप में विचार नमो ऐप पर भी भेजे जा सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार राज्य में श्रमिकों और प्रवासी कामगारों के हित में हर संभव उपाय कर रही है राज्य सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिये श्रमिकों के खाते में वितीय सहायता भेज रही है और उन्हें कोविड नाइन्टीन संकट के दौर में खाद्य सामग्री के पैकेट भी उपलब्ध करा रही है लगभग पैंतीस लाख प्रवासी कामगार राज्य में वापस लौटे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दस लाख अड़तालिस हजार एक सौ छाछठ श्रमिकों के खातों में एक सौ चार करोड़ बयालिस लाख की धनराशि डीवीटी के माध्यम से स्थानांतरित की इस वित्तीय सहायता के द्वारा प्रत्येक श्रमिक को एक एक हजार रुपया भरण पोषण भत्ते के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है मुख्यमंत्री ने बताया कि बाहर से लौटे श्रमिकों को खाद्य सामग्री के किट वितरित किए जा रहे हैं और अब तक चौदह लाख श्रमिकों को यह खाद्य सामग्री के किट उपलब्ध कराए गए हैं मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार कामगारों के कल्याण के लिए हमेशा प्रयासरत है और उनके बच्चों को स्तरीय शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक मंडल स्तर पर अटल आवासीय स्कूलों की स्थापना कर रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे राज्य के इन्फ्रास्ट्रक्वर में मील का पत्थर साबित होंगे उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे प्रदेश में आर्थिक विकास के सपने को साकार करेंगे उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षो में राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण बनाने के लिये बेहतर समन्वय के साथ काम हआ है लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर कल गोरखप्र लिंक एक्सप्रेव वे के लिये पंजाब नेशनल बैंक ने श्री योगी को साढ़े सात सौ करोड रूपये के ऋण का चेक सौंपा इस अवसर पर मृख्यमंत्री ने कहा कि आज विश्व में निवेश के लिये प्रतिस्पर्धा है इस प्रतिस्पर्वा में कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी का बहत महत्व है उन्होंने कहा कि गोरखपुर में विकास की अपार सम्भावनाये हैं श्री योगी ने कहा कि करीब पांच करोड की आबादी वाला गोरखपुर स्वास्थ्य शिक्षा व्यापार और रोजगार का सबसे महत्वपूर्ण केन्द्र है उन्होंने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों और औद्योगिक गलियारे का निर्माण किया जा रहा है श्री योगी ने कहा कि पूर्वांचल के दो महत्वपूर्ण शहर वाराणसी और गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जूड़ेंगे तो क्षेत्र में विकास का आधार तैयार होगा आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी परिचर्चा में भाग लेंगे इसे रात नौ बजकर तीस मिनट से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं